प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तरप्रदेश में वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ेंगे जबकि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह गुजरात के गांधी नगर से प्रत्याशी होंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से नितिन गडकरी नागपुर से और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे उम्मीद्वारों के नामों की घोषणा करते हुए नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि कोन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा क्षेत्र से डीवी सदानन्द गौड़ा उत्तरी बैंगलूरू से किरन रिजूजू अरुणाचल पश्चिम से जनरल वी के सिंह गाजियाबाद से डॉ महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर से और हेमा मालिनी मथुरा से चुनाव लड़ेंगी

श्री मोदी ने एक टवीट में कहा कि भारत के लिए आज गौरव का दिन है उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों की द्रढ़ता और उपलब्धियों से लाखों लोगों को प्रेरणा मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि स्पेशल ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाले प्रत्येक एथलीट की सफलता से अन्य अनगिनत खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने और उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित होंगे जल दिवस आज विश्व जल दिवस है इस मौके पर प्रदेश में जल संरक्षण और संर्वधन के संबंध में जागरूकता पैदा करने के उद्वेश्य से अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं राजधानी भोपाल इन्दौर जबलपुर और ग्वालियर में विश्व जल दिवस पर परिचर्चा और संगोष्ठियां होंगी खंडवा में नगरनिगम द्वारा लोगों को वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसमें लोगों को घर में पानी की बचत करने और अनुपयोगी पानी के बगीचे और अन्य जगह पर इस्तेमाल के बारे में बताया जायेगा महाविद्यालयों में जल ही जीवन है विषय पर चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की जायेगी जिले में श्रमदान के माध्यम से नदी नालों से कचरा खरपतवार और जलक्भी साफ करने का अभियान भी चलाया गया है चुनाव प्रचार प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के चयन प्रकिया जारी है भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की पिछले दिनों जारी उम्मीदवारों की सूची में अभी राज्य की सीटों के लिए उम्मीद्वार घोषित नहीं किये गये है होली पर्व के बाद उम्मीद्वारों के चयन के साथ ही राज्य में चुनाव प्रचार में भी तेजी आने की संभावना है इन पार्टियों की राज्य इकाईयों की ओर से नामों के पैनल केन्द्रीय चुनाव समितियों को भेज दिये गये हैं इन अंतिम निर्णय लिया जाना है वहीं राज्य में चुनावी अमले के प्रशिक्षण कार्यकम भी तेजी से चल रहे हैं खंडवा में चुनाव संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है

भोपाल से ग्वालियर और भोपाल से विलासपुर रूट पर ग्वालियर भोपाल भोपाल ग्वालियर बिलासपुर भोपाल भोपाल बिलासपुर बीना कटनी और कटनी बीना पैसेंजर ये ट्रेने नहीं चलेगीं

रेलवे ने कार्यों के चलते इसे रदद करने का निर्णय लिया है

लोगों ने एक दूसरे पर रंग गुलाल और अबीर डालकर होली की शुभकामनाए दी राजधानी भोपाल में सुबह से ही हरियारों की टोलियो ने रंग और गुलाल लगाकर जगह जगह लोगों से गले मिल कर बधाई दी वहीं पुराने और नये भोपाल में चल समारोह निकाले गये जुलूस में आकर्षक झांकियां बनायी गयी थी जिसमें राधा कृष्ण की होली और खास तौर से विंग कमांडर अभिनंदन की पाकिस्तान से भारत वापसी का चित्रण करती झांकियां शामिल थी कई स्थानों पर मटकी फोड प्रतियोगिता के भी आयोजन किये गये पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के लिये जिला और पुलिस प्रशासन ने समुचित व्यवस्थाएं की थी खंडवा जिले के आदिवासी क्षेत्रों में कल होली के साथ पांच दिवसीय फाग उत्सव शुरू हो गया प्रदेश में सभी स्थानों से होली का पर्व शांति और सद्भाव के साथ मनाये जाने के समाचार मिले हैं भाईदूज आज भाईदूज का पर्व प्रदेश भर में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा साथ ही कायस्थ समाज द्वारा भगवान चित्रगुप्त और कलम दवात की पूजा अर्चना की जाएगी इस मौके पर सामूहिक रूप से शिक्षा ज्ञान उत्तम संस्कार और सुख समृद्धि के लिये प्रार्थना की जाएगी राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के चित्रगुप्त मंदिरों में पंचामृत स्नान पूजा हवन और आरती की जा रही है इस अवसर पर होली मिलन और भजन कीर्तन के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है मुरैना जिले में इस अवसर पर चंबल नदी को महाभारत की द्रोपदी के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिये भाईदूज पर्व पर पूजा अर्चना के साथ चुनरी भेट की जाएगी खंडवा जिले में भाईदूज के पर्व पर शिक्षा ज्ञान उत्तम संस्कार और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की जायेगी होली मिलन और भजन कीर्तन के कार्यक्रम भी आयोजित किये गये हैं मौसम तापमान प्रदेश में तापमान में बढोत्तरी होने से गर्मी के तेवर तेज हो गये है

राज्य के ग्वालियर और शहडोल संभागों में तापमान सामान्य से अधिक रहा

जबकि बैतूल सागर और सिवनी तथा मलाजखंड में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान जबलपुर शहडोल बैतूल होशंगाबाद रीवा और सतना जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है महिला फ्टबाल पाचंवीं सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज नेपाल के बिराटनगर में वर्तमान चौंपियन भारत का मुकाबला नेपाल से होगा

भारत और नेपाल के बीच चौथी बार खिताबी मुकाबला होगा पहले तीन खिताबी मैचों में भारत ने जीत दर्ज की थी

विजी ट्राफी उत्तर और दक्षिण क्षेत्र फाइनल में गत चौम्पियन उत्तर क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र की टीमें ग्वालियर में चल रहे विजी ट्रॉफी क्रिकेट ट्र्नामेंट के फाइनल में पहंच गई हैं दोनों टीमों के बीच खिताबी मुकाबला कल आईटीएम यूनिवर्सिटी के मैदान पर खेला जाएगा लीग मैचों में दक्षिण क्षेत्र की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंपने सभी तीनों लीग मैच जीत कर फाइनल में स्थान बनाया जबकि उत्तर क्षेत्र ने तीन में से दो मैच जीत कर फाइनल में प्रवेश किया

सीहोर जिले में आज पोषण पखवाड़ा सम्पन्न हो रहा है इस पखवाड़े के दौरान जिले में माताओं को संतुलित पोषण आहार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई